मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता राजनीति कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं प्रदेश के विमिन्न ज़िलों में भी पार्टी ने जागरूकता अभियान शुरू किया है टोल फ्री अभियान के तहत समर्थन जुटाने के लिए भाजपा ने एक टोल फ्री नम्बर आठ आठ छ छ दो आठ आठ छः छः दो शुरू किया है इस नम्बर पर कोई भी व्यक्ति मिस्ड कॉल देकर नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रति समर्थन दर्ज करा सकता है भाजपा इधर अधिनियम के समर्थन में भाजपा ने शिमला के समीप शोघी में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के नेतृत्व में जन जागरण अभियान चलाया उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है पार्टी ने सुजानपुर के भेरडा में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वे घर घर जाकर लोगों को अधिनियम के संबंध में जागरूक करें चम्बा में कार्यकर्ताओं ने प्रचार सामग्री बांट कर लोगों को अधिनियम के प्रति जागरूक किया ज़िला भाजपा अध्यक्ष योगराज शर्मा ने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा

चम्बा ज़िले के साहू में हुए कार्यक्रम की सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने अध्यक्षता की

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जनमंच में घरों के निर्माण या मुरम्मत को लेकर आए मामलों को देखते हुए विशेष कदम उठाए जाने की ज़रूरत है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हमीरपुर ज़िले के भोरंज में कहा कि जनमंच व मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना से लोकतंत्र सशक्त हो रहा है उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से जनमंच में अपनी बात रखने वाले लोगों के प्रति बदले की भावना न रखने और समर्पित भाव से कार्य करने का आग्रह किया शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने सोलन ज़िले के भूमती में जन समस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने कहा कि समस्याओं का निवारण ही जनमंच का उद्देश्य है कुल्लू ज़िले के बंजार में हुए कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा कि जनमंच के माध्यम से राज्य सरकार सीधे आम लोगों तक पहुंच रही है उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रमाण पत्र व दस्तावेज़ मौके पर ही बनाए जा रहे हैं कांगड़ा ज़िले का जनमंच कार्यक्रम दौलतपुर में आयोजित किया गया इस अवसर पर वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा कि जनमंच में आने वाली शिकायतों के समाधान में हुई प्रगति की मुख्यमंत्री द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है मण्डी ज़िले में नाचन क्षेत्र के हटगढ़ में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम मुख्यमंत्री की जनहितैषी सोच का परिणाम है उन्होंने कहा कि जुमीन उपलब्ध होने की स्थिति में नाचन को औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा शिमला के समीप शोधी में जनमंच कार्यक्रम की स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने अध्यक्षता की

ऊना ज़िले में कुटलैहड़ के लठियाणी में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कवंर ने जन समस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं बिलासपुर सदर के पंजगाई में जनसुनवाई के दौरान सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश के सभी लोगों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार के प्रयासों से देश में हिमाचल ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां हर रसोई धुआं मुक्त हो चुकी है सिरमौर जिले में पांवटा साहिब के अम्बोया में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने जन समस्याएं सुनीं उन्होंने अधिकारियों से जन समस्याओं को गम्भीरता से लेने के निर्देश दिए जनमंच कार्यक्रमों के दौरान निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों के अलावा सरकार की योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई

उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और आबकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के दृढ़ प्रयासों से ही ये संभव हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रवर्तन क्षेत्रों में राजस्व प्राप्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं बीते रोज़ हुए हिमपात और वर्षा के बाद समूचे राज्य में शीतलहर बढ़ गई है

मध्यम पहाड़ी व अधिक ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में भारी हिमपात जबकि निचले इलाकों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है मौसम को लेकर जारी अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है चम्बा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने लोगों से हिमस्खलन की आशंका वाले इलाकों की ओर न जाने की सलाह दी है विधिक साक्षरता कुल्लू ज़िले में बंजार उपमण्डल के गुशैणी में आज विधिक साक्षरता शिविर लगाया ज़िला व सत्र न्यायाधीश पुरेन्द्र वैद्य ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों अवगत करवाया उन्होंने मौलिक अधिकारों के साथ नागरिकों से देश व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया

बोर्ड के एक प्रवक्ता के अनुसार ये मैराथन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है